केन्द्र सरकार ने राज्यों से सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिलाने के लिए पत्र लिखा

मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने जले और खराब ट्रांसफार्मर युद्धस्तर पर बदलने के निर्देष देते हुए कहा है कि इसमें किसी तरह की ढ़िलाई बर्दाष्त नहीं की जायेगी उन्होंने कल ग्वालियर में राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर और चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देष दिये विद्युत व्यवस्था राषन वितरण और अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर जरूरी बिजली कटौती नहीं की जानी चाहिए और बिजली के अनाप षनाप बिल भी नहीं आने चाहिए राषन दुकानों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय से पुरा खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिष्चित की जाये उन्होंने अवैध रेत उत्खनन पर भी रोक लगाने के निर्देष दिये बैठक में ऊर्जामंत्री प्रद्यम्मन सिंह तोमर भी उपस्थित थे

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विमाग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण कार्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यांगजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है

इन्दौर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है

जबकि इतने ही मरीजों का अभी उपचार चल रहा है

राजमार्ग केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी कल प्रदेष में राजमार्ग परियोजाओं की आधारषिला रखेंगे और कुछ राजमार्गो का उद्घाटन भी करेंगे

मध्यप्रदेष के जोड़ीदार राज्य मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला इसकी प्रमुख वक्ता होगी प्रदेष की संस्कृति और पर्यटन मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी कार्यकम को यूट्यूब चेनल और फेसबुक पेज पर लाईव देखा जा सकता है षिलान्यास कार्यक्रम गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हरसंभव कदम उठायेगी और सभी ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी उन्होंने कल दतिया जिले की जिगना ग्राम पंचायत में करीब डेढ़ करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यो का षिलान्यास करते हुए अधिकारियों से ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए षिविरों का आयोजन सुनिष्वित करने को कहा उन्होंने दतिया जिले में जिगना से निचरौली तक सड़क निर्माण के लिए दो करोड़ रूपये स्वीकृत किये जाने की जानकारी दी डॉक्टर मिश्रा ने दतिया में आदिवासी सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया

लोकार्पण राजस्व और परिवन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी वर्गो के कल्याण के लिए योजनाए चलाई जा रही है उन्होंने कल सागर जिले के बरौदा में एक कार्यक्रम में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिषा में काम शुरू हो गया है जिससे ग्रामीण जन अब अपनी जमीन पर जरूरत के अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे श्री राजपूत ने ऐसे सभी लोगों के नाम चिन्हित कर उन्हें राषन पर्ची जारी करने पर जोर दिया जिन्हें अभी तक राषन नहीं मिल रहा है

मौसम प्रदेष में पिछले दो तीन दिनों भारी बारिष से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है

राज्य में नदी नाले उफान पर और कई जगह बांधों के गेट खोले गये हैं मौसम विभाग ने आज उज्जैन शहडोल उमरिया बालाघाट नरिसंहपुर नीमच मंदसौर रतलाम झाबुआ आगर धार बड़वानी बैतुल और हरदा जिलों में भारी बारिष की र्चेतावनी दी है

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और खेल प्रषिक्षकों से चर्चा कर अनुभव भी साझा किये

इस घटना के विरोध में कल धरना प्रदर्षन किया गया था

इसी कड़ी में आज पोहरी के आदर्ष विद्यालय में रोजगार मेला आयोजित होगा